झारखंड उच्च न्यायालय ने प्रदेश में कोरोना जांच की धीमी रफ़्तार पर राज्य सरकार को लगायी फटकार च्चनाव आयोग ने कहा उपच्चनाव की तारीख उचित समय पर घोषित की जाएगी द्रमका और बेरमो विधानसभा सीट के लिए होने हैं उपचुनाव गिरिडीह जिले के पीरटांड थाना क्षेत्र से पुलिस ने दो लाख रुपये की इनामी महिला नक्सली एरिया कमांडर को गिरफ्तार किया राज्य में अब तक तीन हजार दो सौ चौहत्तर कोरोना संक्रमित मरीजों के स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छट्टी मिल चुकी है वहीं तीन हजार नौ सौ सताईस मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है इधर गढ़वा जिला मुख्यालय स्थित कोविड अस्पताल में इलाजरत एक कोरोना संक्रमित मरीज की आज मौत हो गयी जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर एन के रजक ने बताया कि मृतक की उम्र पचासी वर्ष थी और वह बिहार के डेहरी ऑन सोन का रहनेवाला था

मौके पर उपस्थित जिले के उपायुक्त उमा शंकर सिंह ने बताया कि सभी स्वस्थ हुए लोगों को एहतियात बरतने की नसीहत दी गयी है वे वह अपने घरों में जाकर क्वॉरेंटाइन रहेंगे इसके अलावा उन्हें दवा और अन्य जरूरी सामग्री उपलब्ध कराई गयी है इनमें से कई ऐसे लोग हैं जो ब्रजूर्ग हैं और डायबिटीज हार्ट जैसे रोग से ग्रसित थे ऐसे लोगों को पूर्ण सावधानी बरतने के लिए कहा गया है जिससे कि वे लोग भविष्य में इस रोग का शिकार पुनः न हो सके झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों और जांच की सुस्त रफ्तार पर कड़ी टिप्पणी करते हुए राज्य सरकार को सख्त हिदायत दी है

कोर्ट ने कहा कि इसके लिए सरकार प्रस्ताव भेजे कोर्ट ने यह भी कहा कि स्वास्थ्य सचिव के साथ हुई बैठक में सुधार का दावा किया जाता है लेकिन सुधार नहीं दिख रहा है कोर्ट ने सुनवाई के दौरान झारखंड में बढ़ते कोरोना मामले पर चिंता जतायी हैं कोर्ट ने रांची के धुर्वा स्थित जुडिशल एकेडमी के खाली भवन के इस्तेमाल का भी सुझाव दिया है लातेहार जिला प्रशासन की ओर से वैष्विक महामारी कोरोना वायरस संकमण के रोकथाम को लिए विशेष तैयारी की गई है

इसके तहत दूध दवा हरी सब्जी की द्वकानों को छोड़कर सभी दुकाने बंद रहेगी गुमला जिला चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष हिमांशु केसरी ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि कोरोनावायरस को लेकर लोगों में बढ़ती लापरवाही और संक्रमण को विस्तार को देखते हुए व्यापारियों ने आपसी सहमति से यह निर्णय लिया है

डॉक्टर हर्षवर्धन ने शंघाई सहयोग संगठन के स्वास्थ्य मंत्रियों के सम्मेलन को संबोधित करते हए कहा कि भारत ने अब तक डेढ़ करोड़ आर टी पी सी आर परीक्षण किये हैं देश में प्रतिदिन दस लाख परीक्षण करने की योजना है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

नई दिल्ली में आयोग की समीक्षा बैठक में आज यह निर्णय लिया गया आयोग की प्रवक्ता शेफाली शरण ने ट्वीट कर यह जानकारी दी उन्होंने कहा कि इन सीटों के उपच्चनाव की तारीख उचित समय पर घोषित की जाएगी गौरतलब है कि झारखंड में भी दुमका और बेरमो विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव होना है राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि लॉकडाउन में उच्च शिक्षा हासिल करने वाले विद्यार्थियों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है राज्यपाल आज राजभवन से विभिन्न विश्वविद्यालयों के कलपतियों के साथ वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक को संबोधित कर रही थी

रांची के सांसद संजय सेठ ने केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को पत्र लिख कर सिल्ली में केंद्रीय विद्यालय खोलने की मांग की है श्री सेठ ने कहा कि सिल्ली मुरी रेलवे जंक्शन है और यहां सैकड़ों की संख्या में केंद्रीय कर्मचारी और मजदूर काम करते है उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र केंद्रीय विद्यालय खोलने संबंधी सभी आवश्यक मापदंडो को पूरा करता है इस स्थान पर केंद्रीय विद्यालय खुल जाने से हजारों विद्यार्थियों को पढ़ाई की बेहत्तर सुविधा उपलब्ध हो पाएगी गिरिडीह जिले की पीरटांड थाना पुलिस और सीआरपीएफ की टीम ने संयुक्त अभियान चलाकर वर्षो से फरार एक इनामी महिला नक्सर्ली को गिरफ्तार किया है जिले के पुर्लिस अधीक्षक अमित रेणु ने आज संवाददाता सम्मेलन में बताया कि महिला नक्सली सुनीता उर्फ कौशल्या उर्फ रमा पर सरकार ने दो लाख रुपये का इनाम घोषित कर रखा था नशीले पदार्थों की खरीद बिक्री रोकने को लेकर चलाए जा रहे अभियान में पलामू पुलिस को आज बड़ी सफलता हाथ लगी है जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र के शाहपुर गांव से पुलिस की विशेष टीम ने ब्राउन शुगर और नगद रूपये के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है गिरफ्तार तस्कर के पास से नगद एक लाख बाईस हजार और पांच मोबाइल फोन के साथ पचास ग्राम ब्राउन शुगर बरामद किया गया है पलामू के उपायुक्त शशि रंजन ने आज आत्म निर्भर भारत के अंतर्गत बैंको के द्वारा किये जा रहे कार्यों की समीक्षा की इस दौरान शत प्रतिषत किसानों को केसीसी का लाभ उपलब्ध कराने का निर्देष दिया गया उपायुक्त ने जिला मत्स्य पदाधिकारी को सभी मछली पालकों और मछुआरों को भी किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ मुहैय्या कराने का निर्देश दिया इसी तरह पशुपालन के क्षेत्र से जुड़े लाभुकों को भी किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध करवाने का निर्देश दिया इस दौरान उपायुक्त ने जिले में गव्य विकास के लाभुकों के संख्या के बारे में जानकारी ली उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल के आयुक्त अंबर लकडा की अध्यक्षता में बडकागांव विस्थापितों की समस्याओं के समाधान को लेकर एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया गया है इस समिति की ओर से बड़कागांव में विस्थापन को लेकर ग्रामीणों के चल रहे सत्याग्रह आंदोलन के गतिरोध को समाप्त करने के प्रयास को लेकर आज हजारीबाग परिसदन में बैठक हुई बैठक में विधायक अंबा प्रसाद एनटीपीसी के कार्यकारी निदेशक प्रशांत कश्यप और जिला प्रशासन की प्रतिनिधि के रूप में अनुमंडल पदाधिकारी मेघा भारद्वाज उपस्थित थी करीब एक घंटे से अधिक समय तक चली बैठक में कई पहलूओं पर चर्चा की गई बैठक में आयुक्त श्री लकड़ा ने बड़कागांव जाकर स्थिति की समीक्षा और वार्ता के माध्यम से हल निकालने की बात कही राज्य में इस वर्ष अब तक सामान्य से कम बारिश रिकॉर्ड की गयी है लेकिन आने वाले दिनों में राज्य के विभिन्न हिस्सों में बारिश के आसार है इससे मॉनसून में सुधार की उम्मीद है रांची स्थित भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि झारखंड में एक जून से लेकर तेईस जुलाई तक औसत से करीब नौ प्रतिशत कम बारिश हुई है उन्होंने बताया कि राज्य में इस दौरान औसतन चार सौ पचास मिलीमीटर बारिश होती है लेकिन इस सीजन में अब तक चार सौ आठ मिलीमीटर बारिश हुई मौसम पूर्वानुमान में अगले तीन दिनों तक राज्य के अधिकांश हिस्सों में अच्छी बारिश की संभावना व्यक्त की गयी है कृछ स्थानों पर भारी बारिष और वजपात की भी आशंका जतायी गयी है संक्षिप्त खबरें खूंटी जिले कर्रा थाना क्षेत्र अंतर्गत चलडान्ड्र गांव में बिजली तार की चपेट में आ जाने से एक ग्रामीण की मौत हो गयी

जामताड़ा जिले की पुलिस ने दो आपराधिक घटनाओं में शामिल चार आरोपियों को गिरफ़तार किया है